श्री रामनाथ कोविंद ने पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को बधाई दी और उनके खुशहाल व उज्ज्वल भविष्य की कामना भी की उन्होंने विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होने पर खुशी जताते हुए कहा कि प्रदेश में जब भी आता हूं तो एक नवीनता और ताजगी का अनुभव करता हूं राष्ट्रपति ने कहा कि विश्वविद्यालय ने स्थापना से लेकर अब तक शिक्षा के क्षेत्र में अपनी जिम्मेदारी बाखूबी निभाई है राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने समारोह की अध्यक्षता करते हुए समाज में लोगों की नैतिकता में आई कमी पर चिंता जताई उन्होंने कहा कि इसमें सुधार लाने के लिए शिक्षकों और राजनीतिज्ञों सहित पुलिस को और अधिक ईमानदारी से काम करना होगा आचार्य देवव्रत ने कहा कि समाज को सही दिशा में ले जाना सभी का सामूहिक दायित्व है

उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य हिमाचल को शिक्षा हब बनाने का है जय राम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश विश्वविद्यालय देश का एक प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान है और यहां से पास हुए विद्यार्थी विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ठ सेवाएं दे रहे हैं राष्ट्रपति की धर्मपत्नी सविता कोविंद शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज खाद्य आपूर्ति मंत्री किशन कपूर सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल विधायकगण मुख्य सचेतक नरेन्द्र बरागटा सांसद वीरेन्द्र कश्यप और कुलपति प्रो सिकन्दर कुमार भी समारोह में मौजूद रहे पुरस्कार हिमाचल को स्वास्थ्य क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यो के लिए चार पुरस्कार मिले हैं स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने बताया है कि असम के काजीरंगा में आज आयोजित पांचवे राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान प्रदेश को ये पुरस्कार प्रदान किए गए उन्होंने कहा कि दो पुरस्कार नवजात शिशु मृत्यु दर और पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्युदर में इस वर्ष अन्य राज्यों की तुलना में सबसे अधिक कमी दर्ज करने के लिए दिए गए प्रदेश में ई स्वास्थ्य कार्ड को प्रभावी ढंग से लागू करने पर तीसरा पुरस्कार जबकि चौथा पुरस्कार गोवा कर्नाटक व लक्षद्वीप के साथ आंतरिक रोगी सेवाओं में बेहतर कार्य के लिए प्रदान किया गया पटेल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल गुजरात में लौह पुरूष सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का अनावरण करेंगे

एकता दौड़ इधर लौह पुरूष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर कल प्रदेश भर में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया जाएगा भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष व एकता दौड़ के कार्यक्रम प्रभारी गणेश दत्त ने बताया है कि शिमला में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र बतौर मुख्यातिथि मौजूद रहेंगे और शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज भी कार्यक्रम में भाग लेंगे मिशन साहसी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सोलन व मंडी में मिशन साहसी के तहत कार्यक्रम आयोजित कर लड़कियों को आत्मरक्षा के गुर सिखाए मंडी के पड़डल मैदान में हुए कार्यक्रम की अध्यक्षता वन व परिवहन मंत्री गोविन्द सिंह ठाकुर ने की उन्होंने परिषद द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि आत्मविश्वास से परिपूर्ण होकर आगे बढ़ने के लिए महिलाओं की सोच बदलने में ऐसे कार्यक्रम अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं उधर सोलन में कार्यक्रम की अध्यक्षता पुलिस अधीक्षक मधु सूदन शर्मा ने की उन्होंने मिशन साहसी को लड़कियों के लिए लाभकारी बताते हुए खुशी जताई कि आने वाली पीढ़ी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो रही है कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी प्रदेश सरकार के खिलाफ एक साल का तथ्यों सहित आरोप पत्र राज्यपाल को सौंपेगी आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने बताया कि ये चार्जशीट दिसम्बर महीने में उस दिन राज्यपाल को सौंपी जाएगी जिस दिन प्रदेश सरकार अपने कार्यकाल का एक साल पूरा होने के उपलक्ष्य में रैली का आयोजन करेगी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 नमस्कार